प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर देशवासी आज रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बन्द कर दीया मोमबत्ती टॉर्च या मोबाइल की पलैश लाइट जलाकर देश की सामूहिक शक्ति का परिचय देने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

रास्तों में गलियोंमें या मोहल्लों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनीसे ही इसे करना है सोशल डिस्टॅसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यहीरामबाण इलाज है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे दीया या मोमबत्ती जलाते समय एल्कोहल वाले सेनेटाइजर का इस्तेमाल न करें

प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को दो मास्क देने पर विचार कर रही है ये ट्रिपल लेयर मास्क खादी से बने होंगे और उन्हें धुलने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा ग्रामीण इलाके के लोगों को अपने मुंह पर गमछा लगाने की सलाह दी गई है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके उच्च अधिकारियों के साथ कल एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मास्क मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि ये जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि दोपहर और शाम के भोजन के समय का पालन सुनिश्चित हो गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के दौरान कृषि उपकरणों और उनके कलपूर्जे वाली द्कानों को छूट से संबंधित दिशा निर्देश जारी किये हैं इन दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पपों के पास ट्रकों की मरम्मत वाली द्कानों तथा चाय उद्योग को छूट के दायरे में रखा गया है चाय बागानों के पचास प्रतिशत तक कामगारों को भी छूट दी गई है इस दौरान सुरिक्षत दूरी बनाये रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा है कि राज्य कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने संबंधी किसी भी स्थिति र्से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि बिस्तरों और वेंटीलेटरों की उपलब्धता संबंधी सभी तैयारियां की गई हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अब अस्पतालों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं जहां छः हजार से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है

मुख्य सचिव ने कहा कि शुरू में राज्य में कोविड नाइन्टीन के फैलाव का स्तर दूसरे चरण में था लेकिन तबलीगी जमात के सदस्यों के कारण रोगियों की संख्या बढ़ गई है श्री तिवारी ने कहा कि इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ द्व्यवहार और पूलिस कर्मियों पर हमले के मुद्दे पर श्री तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया गया है

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने सभी राज्यों और बीमा कपनियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये दावों के भुगतान रबी फसलों की कटाई की स्थिति फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण और स्मार्ट सैंप्लिंग तकनीक की समीक्षा की बैठक में सुनिश्चित किया गया कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान किसी प्रतिकूल हालात का सामना न करना पड़े फसल बीमा सुविधा को सुगम बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए लॉकडाउन में काम करने के लिए पास जारी करने को कहा गया है ताकि वे फसल कटाई के समय उपस्थित रह सकें

इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दो हजार नौ सौ दो हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशों के मुकाबले देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कम है श्री अग्रवाल ने सुझाव दिया कि ज्यादा जोखिम वाले लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए उन्होंने कहा कि सत्रह राज्यों में कोरोना वायरस के तब्लीगी जमात से जुड़े एक हजार तेईस रोगी सामने आए हैं श्री अग्रवाल ने बताया कि अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने भी मरीज सामने आए हैं उनमें से तीस प्रतिशत तब्लीगी जमात से जुड़े हैं प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो सौ चौंतीस हो गई है पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में कोरोना से संक्रमित साठ नये मरीजों का पता लगा है आगरा में कल पच्चीस नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई जिसके बाद जिले में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर चौवालीस हो गई है गौतमबुद्ध नगर जिले में आठ नए मरीज मिलने के बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अट्ठावन हो गई है राज्य में कोरोना से संक्रमित इक्कीस व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं

सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सामान की खरीददारी के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर मेहमानों को न बुलाने की सलाह दी गई है अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साब्न और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शून्य सात छः पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं